प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर देश की अदम्य नारी शक्ति को नमन किया है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेक निर्णय लेकर गौरवान्वित है उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की विलक्षण उपलब्धियों पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने भी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को बधाई दी है एक ट्वीट में उन्होंने महिलाओं को परिवार समाज और व्यक्ति के जीवन की मजबूत आधारशिला बताया उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने पिछले पांच वर्ष में महिलाओं की सुरक्षा सशक्तिकरण और रोजगार के लिए प्रभावी उपाय किए हैं महिला दिवस प्रदेश प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है इस मौके पर राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने आकाशवाणी के जरिए प्रदेश की महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं ग्वालियर में राज्य स्तरीय चार दिवसीय बिटिया उत्सव आज से शुरू हो गया है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस उत्सव का शुभारंभ गुना शिवपुरी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने किया पहले दिन दोपहर तीन बजे से बाल साहित्य एवं लैंगिक समानता विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया है यहां शाम को पंडवानी गायन और नाटक सारा की प्रस्तुति दी जायेगी रीवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि शहर के मानस भवन में महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओं को सम्मानित किया जायेगा वहीं होशंगाबाद में भी शिक्षा कला खेल विज्ञान सामाजिक कार्य आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली लड़कियों को पुरस्कृत किया जायेगा झाबुआ में इस अवसर पर विशेष महिला ग्रामसभाओं का आयोजन किया जा रहा है केन्द्रीय विद्यालय केन्द्रीय कैबिनेट ने प्रदेश के ग्वालियर आगरमालवा अलीराजपुर अनूपपुर मंदसौर के शामगढ़ में नये केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की मंजूरी दी है कल नई दिल्ली मे हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह मंजूरी दी गई

आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि केन्द्रीय विद्यालय की मंजूरी से जिले के लोगों में हर्ष का माहौल है विद्यालय के लिये उज्जैन मार्ग स्थित ग्राम ढोटी के करीब जमीन का आवंटन किया गया है

कॉरीडोर बन जाने के बाद दोनों नेशनल पार्कों के बीच बाघों की सुरक्षित आवाजाही हो सकेगी बाघ संरक्षण के साथ इस क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा आकाशवाणी के साथ बातचीत में बांधवगढ़ नेशनल पार्क के डायरेक्टर मृद्ल पाठक ने बताया कि कॉरीडोर विकसित करने का काम जारी है कॉरीडोर बनने के बाद गांवो में बाघो का मूवमेंट कम होगा बांधवगढ़ से जयसिंहनगर ब्योहारी और सीधी आपस में बेहतर तरीके से जुड़ेंगे

जिसमें पार्षदों ने सिंध जलार्वधन योजना के तहत कार्य जल्द पूरा करने की मांग की